कोविड नाईनटीन से निपटने के लिए पूरे देश में इक्कीस दिन का लॉकडाउन लागू है इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाएं बंद हैं लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी है दवा की दुकान पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के केन्द्रीय आवंटन की घोषणा की है एक हफ्ते से कम समय में दूसरी बार राष्ट्र को संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है

प्रधानमंत्री ने माना कि इस निर्णय की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन लोगों का जीवन बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रधानमत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करना होगा साउंड बाईट कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए बीमार लोगों के लिए आवश्यक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए परिवार के हर सदस्य के लिए है प्रधानमंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चलकर पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये लागू किये गये लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाने के लिये सख्ती बरती जा रही है राजधानी पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा के पास पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान होटल खोलने के आरोप में होटल संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने विशेष संदेश युक्त पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाकर घरों में रहने के लिये प्रेरित किया सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले विभिन्न लोगों से प्रशासन ने एक लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली वहीं कटिहार में भी अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन चलाते चालकों से पूलिस ने तीस हजार रूपये जुर्माना वसूला जबकि लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है और अफवाह फैलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया शिवहर जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिये जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने विशेष दल का गठन किया है वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में कालाबाजारी करने के आरोप में कई व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है अरवल के जिलाधिकारी ने गैस एजेंसी कार्यालय पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के मद्देनजर गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं इधर जमुई जिले में लॉकडाउन को लोगों का समर्थन मिल रहा है लॉकडाउन के दौरान यहां समझदारी दिखाते हुए लोग अपने अपने घरों में ही रहे लोगों ने लॉकडाउन का स्वागत किया है

कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिये एक रास्ता संपूर्ण लॉकडाउन है और इस कदम का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है जमुई में यह पूरी तरह सफल है इसके लिये मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को एक एक हजार रुपये दिए जाने की घोषणा की यह राशि प्रत्यक्ष नकद अंतरण डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जायेगी गौरतलब है कि इससे पहले केवल नगरीय और उप नगरीय क्षेत्रों में ही प्रति राशन कार्डधारी परिवार को एक हजार रूपये देने का निर्णय लिया गया था केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और अंतर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्माण प्रक्रिया परिवहन वितरण संग्रह और लॉजिस्टिक्स संबंधित सभी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्री रामविलास पासवान ने व्यापारियों और निर्माताओं से किफायती दामों पर सामान उपलब्ध कराने की अपील की है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में कहीं भी खाद्य सामग्री की कमी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि हर तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं श्री कुमार ने पटना में कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं भी अभाव के हालात नहीं पैदा होने चाहिए कालाबाजारी रोकने के लिये एक हेल्पलाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक सात छह तीन छह जारी किया गया है लोग इस नम्बर पर कॉल करके कालाबाजारी की सूचना दे सकते हैं गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वे इक्कीस दिन की लॉकडाउन अवधि के दौरान गार्डों की छंटनी न करें और उनके वेतन में कटौती भी न करें मंत्रालय ने सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री सीआईआई फिक्की और एसोचेम को लिखे पत्र में कहा है कि एजेंसियां अपने कर्मियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये अपने सांसद कोष से एक करोड़ रूपये देने की मंजूरी दी है काराकाट के सांसद महाबलि सिंह समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने अपने सांसद निधि से एक एक करोड़ रूपये देने की अनुशंसा की है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विधान पार्षद राबड़ी देवी ने अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है इधर पटना स्थित महावीर मंदिर न्यास समिति ने इस आपदा से निपटने के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रूपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की है प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल चार मामले सामने आये हैं प्रदेश में एक सौ चौरानवे नमूनों में से एक सौ चौहत्तर में इस वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है नौ सौ तिरानवे संदिग्धों को फिलहाल निगरानी में रखा गया है इधर शेखपुरा जिला प्रशासन ने बाहर से आये सात सौ सतहत्तर लोगों को चिन्हित किया है इन्हें पास के गांव के स्कूल में क्वारेंटीन में रखा गया है वहीं देश भर में कोरोना वायरस के पूष्ट मामलों की संख्या छह सौ छह हो गयी है इनमें तैंतालीस विदेशी नागरिक शामिल हैं दस लोगों की मौत हो चुकी है